दिल्ली की एक अदालत ने पूर्व वित्तमंत्री पी चिंदम्बरम और उनके बेटे को एयरसेल मैक्सिस मामले में अग्रिम ज़मानत दे दी है

हरियाणा के छ पुलिस अधिकारियों को पुलिस प्रशिक्षण के लिए केन्द्रीय गृहमंत्री पदक से नवाज़ा गया

ये प्रस्कार उन श्रेष्ठ शिक्षकों को दिये गऐ है जिन्होंने अपनी प्रतिबद्वता से न केवल स्कूली शिक्षा की ग्णवत्ता में स्धार किये बल्कि अपने छात्रों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए भी अहम योगदान दिया इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि स्कूलों में ही चरित्र निर्माण की नींव रखी जाती है और छात्रों के नैतिक चरित्र के निर्माण् के लिए शिक्षक काफी हद तक जिम्मेदार होते है राष्ट्रपति ने शिक्षकों को उनकी मौलिक जिम्मेदारियां समझने को कहा श्री कोविंद ने कहा कि ईमानदारी अन्शासन जैसे नैतिक मूल्य छात्र अध्यापकों से ही सीखते है राष्ट्रपति ने कहा कि डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने केवल एक महान दार्शनिक राजनेता और लेखक थे बलिक एक असाधारण शिक्षक भी थे

श्री आर्य आज हरियाणा राजभवन में हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से आयोजित राज्य स्त्रीय शिक्षक समारोह मे स्मबोधित कर रहे थे

राज्यपाल ने सम्मान प्राप्त करने वाले अध्यापकों को बधाई व अध्यापक दिवस की श्भकामनायें देते हये कहा कि आप अन्य अध्यापकों के लिए प्ररेणा स्त्रोत है इसलिए मेरा अनुरोध है कि आप ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर और ऊंचा उठाये श्री आर्य ने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश में नैतिक मूल्यों व चरित्र निर्माण पर आधारित शिक्षा की व्यवस्था की है इसे मूर्त रूप देने के लिए शिक्षा मंत्री श्री राम बिलास शर्मा भी बधाई के पात्र है

मुख्यमंत्री आज जींद जिले के विभिन्न गांवों में जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान उमड़े जनसमृह को संबोधित कर रहे थे

उन्होंने कहा कि सरकार बेटियों को शिक्षित करवाना चाहती है ताकि वे जीवन मे और अगर बढ़ सके बेटियाँ शिक्षित होकर प्रदेश का नाम रोशन करती ही हैं वहीं अभिभावकों के सम्मान में चार चांद लगाती हैं दिल्ली के एक अदालत ने पूर्व वित्तमंत्री पी चिदम्बरम और उनके बेटे कारती चिदम्बरम को सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय की ओर से दायर एयरसेल मैक्सिस मामले में अग्रिम ज़मानत दे दी है विशेष न्यायाधीश ओ पी सोनी ने पिता पृत्र को राहत देते हये निर्देश दिया है कि वे इस मामले सम्बधी जांच में पूरा सहयोग करें गिरफ्तार किए जाने की सूरत में इन्हैं एक लख रूपये का निजी मुचलके और इसके समान राशि की ज़ामिन पर रिहा किया जायेगा न्यायालय ने कहा कि दोनों जांच एजेंसियों मामले पर बहस करने की जगह और ज्यादा जांच करने के बहाने तारीख ले रही है

काबिलेगौर है कि वे एयरसेल मैक्स्स और आई एन एक्स मीडिया मामलों में एजेंसियों की जांच के घेरे में है

वह तिहाड़ जेल में रहेंगे